राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को सायं सात बजे पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी व राजनयिक भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्सटेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अटल स्माधि सदैव स्थल जाकर दोनों नेताओं को श्रद्वांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों का भी श्रद्वासुमन अर्पित किए मुख्य सचिव प्रदेश सरकार आपदाओं के समय त्वरित और कृशल प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना करेगी बी के अग्रवाल ने कल शिमला में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

इस दौरान आपदाओं में कमी लाने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की

ऊना बिलासपुर मंडी और हमीरपुर में दिन के समय लोगों को तपती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए आने वाले सैलानियों की आमद बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा

शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा दो कक्षाओं की कम्पार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों के परीक्षार्थियों की अनुपूरक राज्यमुक्त विद्यालय की आठवीं दसवीं व जमा दो और मैट्रिक व जमा दो की कक्षाओं की विशेष परीक्षा के एडमिट कार्ड बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड कर दिए हैं बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षार्थियों से ये कार्ड डाउनलोड करने का आग्रह किया है ताकि वे परीक्षा में बैठ सके एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है राहुल गांधी के दफ्तर को भेजे सुक्खू के पत्र पर मचा बवाल नोटिस जारी दैनिक जागरण के शब्द हैं ग्र्टबाजी के बीच राहल के अध्यक्ष बने रहने का प्रस्ताव पारित मोदी मंत्रिमंडल में लगेगी हिमाचल की लॉटरी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है आज होने वाले शपथ समारोह के लिए प्रदेश की उम्मीदें जेपी नड़डा अनुराग व कपूर पर जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है कौन बनेगा मंत्री नड्डा या अनुराग दैनिक भास्कर के अनुसार शाह मंत्री बने तो जेपी नड्डा बन सकते हैं भाजपा अध्यक्ष दैनिक सवेरा टाइम्स ने ख़बर दी है हिमाचल प्रदेश में सेब की बंपर फसल की उम्मीद इसी समाचार पत्र की एक अन्य ख़बर है हिमाचल में आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल का तोहफा

आपका फैसला के मुताबिक धर्मशाला में होने वाले वैश्विक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है हिमाचल के काला जीरा चूली तेल का जीआई पेटेंट इसी समाचार पत्र के अनुसार ऑनलाइन फ़ॉड पर पुलिस ने अलर्ट किए बैंक प्रदेश में शुरू होगी मुख्यंमत्री हिम सेवा हेल्पलाइन शिमला में सेंटर तैयार सीएम हर माह करेंगे समीक्षा शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है